उन्होंने लामार्थी किसानों को किसान सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है देश की प्रगति और समृद्धि का रास्ता तमी खुलेगा जब किसान समृद्व होगा उन्होंने कहा कि सरकार की योजना यह है कि किसानो की उपज की लागत कम की जाय और उन्हें खेत से लेकर बाजार तक जोड़ा जाय मुख्यमंत्री ने किसानों को तकनीक से जोड़कर इनके खेतों की उपज बढ़ाने पर बल दिया श्री योगी ने उन प्रगतिशील किसानों का अभिनन्दन किया जो शोध आधारित खेती कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धान क्रय केन्दों को निरन्तर कार्यशील रखने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि किसानों की उपज की खरीद में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नही की जायेगी उन्होंने धान खरीद के सम्बन्ध में समय से भुगतान किये जाने के निर्देश भी दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्ट आचरण और गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्व बिना किसी संकोच के कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये जिला सेवायोजन कार्यालय को केन्द बनाकर कार्यवाही संचालित की जाए उन्होंने जिला सेवायोजन अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर जिले में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं उन्होंने कहा है कि सभी जिलों मं रोजगार की उपलब्धता का डाटाबेस तैयार किया जाय और रोजगार प्लान बनाया जाए श्री योगी ने कहा कि विभिन्न रोजगार योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक वेबसाइट भी विकसित की जाए इस वेबसाइट पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता की जानकारी के साथ साथ आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध हो प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग कॉरेस्पान्डेंट सखी तैनात करने का फैसला किया है

इसके अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं योजना के तहत पहले चरण में अट्ठावन हजार महिला अम्यर्थियों का चयन किया गया है जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जायेगा प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े विवादों पर काबू पाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यह अपनी तरह का पहला अभियान है हमारे सवाददाता ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य जमीन और संपत्ति की वरासत के नाम पर गांव वालों के शोषण को रोकना है यह विशेष अभियान अगले वर्ष पन्द्रह फरवरी तक चलेगा अभियान के अंतर्गत लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वरासत का पंजीकरण करा सकेंगे ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि गांव में है लेकिन वह कहीं अन्य जगह रहते हैं उनके लिए तहसील स्तर पर विशेष काउंटर स्थापित किये गये हैं वरासत अभियान के बाद लोगों को उनके भूमि के उपयुक्त और सही प्रपत्र उपलब्ध हो जाएंगे जिससे न सिर्फ विवादों का निपटारा होगा बल्क उन्हें बैंकों से ऋण मिलने में भी आसानी होगी इससे परिवारों और रिस्तेदारों के बीच भूमि विवादों के कारण उपजी आपसी दुस्मनी से भी निजात मिलेगी एमएस यादव आकारवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दाल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है राज्य के तराई इलाको में तापमान में अधिकतम गिरावट दर्ज की जा रही है गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ मुरादाबाद आगरा और मेरठ मण्डल के लगभग समी जिलों में तापमान गिरने से सामान्य जन जीवन प्रभावित होने की खबर है कई जिलों में कोहरे के चलते आवागमन भी प्रभावित हुआ है उधर शीतलहर को देखते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर से बचाव के लिये कम्बल बितरण और रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था करने के लिये भी कहा है सोनभद्र जिले में वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर बघना नाला के पास कल देर रात एक ट्रक की चपेट में आ जाने से मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गयी इनमें से दो की मौत घटना स्थल पर ही हुयी जबकि एक युवक ने इलाज के लिये वाराणसी ले जाते समय दम तोड़ दिया